भाजपा की केन्द्रीय चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में बैठक प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने की संभावना

भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रमोद सावंत ने कल देर रात गोवा के नये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली उन्होंने मनोहर पर्रिकर का स्थान लिया है जिनका लम्बी बीमारी के बाद परसों निधन हो गया था राज्यपाल मुद्रला सिन्हा ने श्री सावंत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई

इस अवसर पर मनोहर पर्रिकर मंत्रिमंडल के मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई

वस्तु और सेवा कर जी एस टी परिषद की आज नई दिल्ली में बैठक होगी

बैठक में अचल संपदा क्षेत्र के लिए जी एस टी दरों में कमी को लागू करने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि एन डी ए सरकार जी एस टी और वित्तीय समावेशन जैसे अपने महत्वसपूर्ण सुधारों के लिए जानी जाएगी अपने फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण सहकारी संघवाद को बढ़ावा और ग्रामीण तथा शहरी बुनियादी ढ़ाचों में वृद्धि के लिए उठाए गए कदमों से एक नए भारत का उदय हआ है श्री जेटली ने कहा कि पिछले पांच सालों में देश की अर्थव्यवस्था विश्व के किसी भी देश से अधिक तेजी से आगे बढ़ी है

इस बैठक में लोकसभा च्रनाव प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने की संभावना है इस सूची में उन उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जायेगा जिनके चुनाव पहले और दूसरे चरण में होंगे इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी होगी

इससे पहल कल पहले चरण की अधिसूचना जारी हो गई है लोकसभा चुनाव को देखते हुए जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में आज विभिन्न प्रचार समाग्री के मुद्रण और प्रिन्टिंग र्प्रस के सदस्यों की बैठक कलक्ट्रेट में आयोजित की जायेगी इससे पहले कल जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया कर्मियों के जिलास्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधित किया उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और सुध्यवस्थित रूप से सम्पन्न करना सभी का साझा दायित्व है इसलिए सभी अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए सहयोग प्रदान करे

सवाईमाधोपुर में चुनाव को देखते हुए कलक्ट्रेट में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जिले में कल स्वीप गतिविधियों के तहत बार संघ के वकीलों को मतदान की शपथ दिलाई गई इधर टोंक में जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने प्रशासन तथा पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली बाडमेर जिले में चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार के लिये विभिन्न कार्यो की मजूरी के लिये सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है

पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिये निर्वाचन विभाग की ओर से नवाचार जारी है

इस मौके पर हो रहे विभिन्न आयोजनों में मतदाताओं को मतदान का संदेश दिया जा रहा है

केन्द्र तथा राज्य सरकार की ओर से चल रहे पोषण पखवाड़े के तहत प्रदेशभर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं महिला तथा बाल विकास विभाग के अतिरिक्त निदेशक मुकेश मीणा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि पोषण अभियान का मकसद समाज में जागरूकता लाना है उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं

नागौर जिले में समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद एक अप्रैल से की जाएगी इसके लिए नागौर जायल मेड़ता खीवसर कुचामन डेगाना डीडवाना परबतसर और गच्छीपुरा में खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं

खरीद की गई जिंसों की राशि किसानों के बैंक खाते में जमा की जाएगी इसके लिए किसानों ने ऑनलाइन पंजीयन शुरू करवा दिया है